इसमें नेशनल मिशन फोर गंगा क्लीन और अपर यमुना बोर्ड सहित पंजाब सरकार के प्रतिनिधी पंजाब प्रदूषण बोर्ड केंद्रीय जल बोर्ड के सदस्य भी भाग लेंगे केंद्रीय जलसंसाधन नदी विकास और गंगा पुनरोद्वार राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने ये जानकारी दी कल श्रीगंगानगर में इस मुददे को लेकर लोगों ने उनका घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया इस अवसर पर श्री मेघवाल ने पंजाब द्वारा बार बार नहरों में डाले जा रहे जहरीले पानी और अपशिष्ट को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाने की बात कही

श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रारूप जारी करते हुए कहा कि इसमें किसानों के हित संरक्षित करने पर जोर दिया गया है प्रस्तावित कानून से अनुबंध कृषि में किसानों का भरोसा बढ़ेगा और संबंधित कंपनियां इस क्षेत्र में आगे आयेंगी श्री सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून से कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति निश्चित हो सकेगी और किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल सकेगा

नागरिक विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने हवाई यात्रा से संबंधित यात्रियों के अधिकारों और मुआवजे को परिभाषित करने वाले पहले चार्टर को कल जारी किया उन्होंने कहा कि चार्टर पर लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसका प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नौ जून तक चलाये जाने वाले इस पखवाडे के दौरान पांच वर्ष तक के बच्चों को आशा सहयोगिनियों के जरिए ओआरएस पैकेट पहुंचाए जाएंगे वहीं जरूरत होने पर जिंक की गोलियां भी दी जाएगीं उन्होंने बताया कि पुखवाडा आयोजित करने का मुख्य उददेश्य पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त तथा कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है

जिला कलक्टर सिद्दार्थ महाजन ने शिविर के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आरजीगुप्ता ने कल जयपुर में विभिन्न योजनाओं और कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि खराब मीटर बदलने का कार्य फीडर इंचार्ज के माध्यम से करवाया जाए

कार्यक्रम में लोग अपने सुझाव और विचार माय जी ओ वी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं